हालांकि इसके लिए जिलाधीशों को सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया

उन्होंने कहा कि ये टीका निःशुल्क होगा और इससे प्रदेश के राज कोष पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा मंत्रिमंडल ने होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों को अब सरकार की ओर से न्यूट्रिशियन किट उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी ऐसे रोगियों को कोरोना दवाईयों की किट पहले की तरह ही मिलती रहेगी मंत्रिमंडल ने कोविड केयर केंद्रों की देखरेख और कड़ाई से करने का भी निर्णय लिया

उन्होंने इस मुद्दे को विपक्ष द्वारा बेवजह तूल देने का आरोप भी लगाया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय शहरी निकायों के चयनित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद के लिए आगे आए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो मुख्यमंत्री आज शिमला से वर्चअल माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने और संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए जो उत्साह पिछली बार देखा गया था वह इस बार कम देखने का भिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जायें तथा उन्हें प्रदेश में रूकने के लिए प्रेरित किया जाए मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हो रही बर्फवारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है वहीं दूसरी ओर राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर बीती रात हुई भारी बर्फवारी से े फलों व फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है

उधर लाहौल स्पीति में मौसम में हल्का सुधार आने के बाद आज सीमा सड़क संगठन ने मनाली से केलंग और जिंगजिंगबार से केलंग की ओर सड़क से बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है

चंबा जिला के पंगी व भरमौर क्षेत्रों में भी दो दिनों से हो रहे हिमपात से सेब के पौधों को भारी नुकसान हुआ है इस बीच राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा का क्रम आज भी रूक रूक कर जारी है

सुधीर शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला स्थित अपने आवास को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की सरकार को पेशकश की है सुधीर शर्मा ने आज एक बयान में कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को पत्र लिखा है सुधीर शर्मा ने यहां रखे जाने वाले कोरोना रोगियों के लिए रहने व खाने का खर्च वहन करने की भी पेशकश की है उन्होंने कहा कि जब सभी इस महामारी से लड़ने के लिए खुलकर आगे आएंगे तभी इस महामारी को सफलता पूर्वक हराया जा सकेगा हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है